भारत ने मसूद अजहर की सभी सम्पत्तियां जब्त करने के फ्रांस के फैसले का स्वागत किया राज्य में विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर से लोकसभा चुनाव प्रचार के लिये हो रही है जनसभाएं भाजपा नेता देवी सिंह भाटी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया

इस बीच भारत ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाए जाने के फ्रांस के फैसले का स्वागत किया है गौरतलब है कि फ्रांस ने मसूद अजहर की सभी संपत्तियां जब्त करने का फैसला किया है फ्रांस के यूरोप और विदेशी मामलों के मंत्रालय के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस हमेशा भारत के साथ है फांस ने यह फैसला सुरक्षा परिषद में अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन के विरोध के बाद लिया है

उच्चायोग किसी भारतीय के हताहत होने का पता लगा रहा है उच्चायोग ने इस बारे में जानकारी उपलब्घ कराने के लिए दो हेल्प लाइन शुरू की हैं

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से न्यायालय की सहायता के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी भेजने को कहा है

इससे पहले कल मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने बीकानेर के श्रीडूंगरगढ में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनता को राहत देते हुए बिजली की दरें नहीं बढाने का फैसला किया है इन जनसभाओं में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हिस्सा ले रहे है कल श्रीड्ंगरगढ में अपने भाषण में सचिन पायलट ने कहा कि पिछले पांच साल में देष में बेरोजगारी बढी है जबकि कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में आते ही घोषणा पत्र में किये वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तथा प्रदेष प्रभारी अविनाश पाण्डे सहित वरिष्ठ नेताओं ने कल ही पीपाड में भी जनसभा की

वरिष्ठ भाजपा नेता अरूण चतुर्वेदी ने कल जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य में आर्थिक पिछडों के लिए प्रमाण पत्र बनाये जाने की प्रकिया तुरंत शुरू करने की मांग की

मोरम बाई को रिश्वत के आरोप में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था

टीम की ओर से मंडोर कृषि उपज मंडी स्थित कारोबारी समूह पर यह कार्रवाई जीएसटी चोरी और फर्जी बिलिंग के मामले में गुरूवार को शुरू की गई थी गौरतलब है कि पिछले कुछ महिनों में राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में जीएसटी की आड में फर्जी बिल बनाकर करोडों रुपए की टैक्स चोरी और इनपूट टैक्स क्रेडिट उठाने के कई मामले सामने आए थे इसके बाद डीजीजीआई टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था

चूरू जिले के सालासर में करंट लगने से एक किसान की मृत्यु हो गई

इस मामले में केन्द्र अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और एफआईआर दर्ज करा दी गई है

कंपनी ने कहा कि अब उसके सभी लैंडलाइन ग्राहक मुफ्त हाई स्पीड होम वाईफाई सेवा का आनंद ले सकते हैं ब्रॉडबैंड चालू करने की पूरी प्रकिया को सरल बनाया गया है और अब सिर्फ एक कॉल करके इसका उपयोग किया जा सकता है सभी वायरलाइन ग्राहक बीएसएनएल के टोल फ्री हेल्पलाइन पर अपने पंजीकृत मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से कॉल करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया